हरियाणा में ग्रूग्राम में चीन से आये पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शहरों के कचरा प्रबंधन बारे विचार विमर्श किया

हरियाणा रोडवेज़ कर्मचारियों की हड़ताल आज सातवें दिन भी जारी रही यूनियन और सरकार के बीच कल की बातचीत बेनतीजा रही क्श्ती पहलवान बजरंग पूनिया हंगरी में चल रही विश्व क्श्ती चैम्पियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर गये है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि पानी खड़ा होने की समस्या वाले राज्य के प्रभावित जिलों में इसके स्थाई समाधान के लिए मत्स्य पालन इकाई स्थापित की जायेगी जींद में एक रैली को स्म्बोधित करते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन किसानों की फसलों का न्कसान पानी से हआ है उनको मुआवजा दिया जायेगा लेकिन पहले उनके न्कसान का आंकलन गिरदावरी के जरिये किया जायेगा उन्होंने विश्वास दिलाया कि गेहं की बिजाई से पहले फालतू पानी खेतों से निकाल दिया जायेगा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा िक दिल्ली से जम्मु कश्मीर के वैश्णों देवी मंदिर तक हरियाणा से गुजरने वाली सड़क को एक्सप्रेस वे के जरिये जोड़ा जायेगा और इस परियोजना पर हरियाणा और केन्द्र सरकार मिलकर खर्च करेंगे यह एक्सप्रेस वे जींद से होकर ग्जरेगा जिसमें जिले के विकास को भी गति मिलेगी

उद्योगों के लग जाने से प्रदेश का जींद जिला राज्य के अन्य रोज़गार देने वाले जिलों की श्रेणी में अग्रणी हो जायेगा मुख्यमंत्री ने नहरी पीने का पानी उपलब्ध कराने और तीन सौ करोड़ रूपये की विभिन्न विकास योनजाओं का भी घोषणा की हरियाणा के गुरूग्राम में आज चीन फूयांग शहर का पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वहां के मेयर सन जहंग डोंग नेतृत्व में पहंचा मेयर ने बताया कि चीन कषि परिवहन माडरन मेडीसन डेयरी मीटर और पोल्ट्री प्रोडक्टस में हरियाणा की मदद सकता है कचरा प्रबधन के बारे बताया गया कि फूयांग शहर में प्रत्येक घर के बाहर गीलाव सूखा कचरा डालने के लिए अलग अलग कुड़ेदान रखे है वहां के नागरिक केवल कुड़ेदान मे कचरा डालते है जिसे नगर निगम की गाड़ी उठाकर ले जाती है बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक दूसरे के सहयोग बारे भी विचार विमर्श किया गया

खेतों से पानी न निकाला जा सकने के कारण रबी की बिजाई के लिए खेत तैयार नहीं हो पा रहे ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि मंडियों में खरीद करने वाली सरकारी एजेंसियों का सांठगांठ राइस मिलर्स के साथ है जिससे कभी नमी की आइ में किसानों का शोषण होता है तो इसी तोलने में धांधली की जाती है

पिजौंर गार्डन में लाईट एंड साउंड शो भी श्रू हआ और नियमित तौर पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पंजाब के भंगड़े को शामिल किया गया उत्सव दौरान गार्डन में लगाया गया क्राफ्ट बाज़ार भी आकर्षण का केन्द्र रहा जिसमें देश भर से आये शिल्पकारों के हथकरघे व हस्तशिल्प की बेजोड़ मिसाल पेश की

हरियाण रोडवेज़ की हड़ताल आज सातवें दिन में प्रवेश कर गई है यूनियन के वरिष्ठ नेता रमम सैनी ने बताया कि हइताल की तीन दिन ओर बढ़ा दिया गया है

अम्बाला जिला प्रशासन ने हड़ताल से निपटने के लिये रोडवेज़ में नई भर्ती करके यूनियन को झटका देने का काम किया है रोडवेज़ क जी एम गगनदीप सिह ने दावा किया है कि पहले के मुकाबले रोडवेज़ की अडतालिस बसें चलनी श्रू हो गई और इसी के साथ निजी बसों को संचालन भी स्चारू रूप से प्लिस और नई भर्ती ड्राईवर कर रह है

यूनियन के राज्य उप महा सचिव रमेश चंद ने कहा कि सरकार रोडवेजसहित जन सेवा के सभी विभागों मे निजीकरण आउटसोर्सिंग व ठेका प्रथा की नीतियों को तेज़ी से लागू कर रही है उनका आरोप था कि सरकार वित्तीय स्थिति खराब होने का बहाना करके रोडवेज़ सहित अन्य विभागों को बड़े पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है आज हिसार में केन्द्रीय कमेटी के आहवान पर सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया और रोडवेज़ कर्मचारियों को समर्थन का ज्ञापन उपाय्क्त को सौंपा

भिवानी में बिजली निगम के अन्बंधित कर्मचारियों ने काम छोड़कर हड़ताल श्रू कर निगम व सरकार की परेशानी ओर बढ़ादी है निगम के पक्के कर्मचारी पहले ही रोडवेज़ के समर्थन में हड़ताल शुरू कर च्के है अन्बंधित कर्मचारी समय पर वेतन और स्रक्षा उपकरणों की मांग को लेकर हड़ताल पर है सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये अन्बंधित कर्मचारी धरने पर बैठे गये है यम्नानगर जिला रोडवेज कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में आज बिजली निगम के कर्मी भी आ गये है कर्मचारियों ने हड़ताल पर ंजगह जगह धरना दिया वहीं बिजली कर्मियों की हड़ताल से कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा

भारतीय स्टार पहलवान बजरंग पूनिया हंगरी के बूडापोस्ट में चल रही विश्व कृश्ती प्रतियोगिता के फाईनल में प्रवेश कर गये है